छिंदवाड़ा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिनमें मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हये मुख्यमंत्री ने विश्व आदिवासी दिवस पर उन सभी जनजातीय बंध्ओं को बधाई दी है जो प्रकृति के करीब रहते हुए प्रकृति की सेवा कर रहे हैं अपने संदेश में श्री नाथ ने कहा कि आदिवासी समाज जंगलों की प्रजा करता हैं उनकी रक्षा करता है इसी सांस्कृतिक पहचान के साथ समाज में रहते हैं झाबुआ में भी कुछ देर बाद भव्य कार्यक्रम शुरू होगा इस मौके पर आदिवासी कल्याण के लिये प्रदेश में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि विश्व आदिवासी दिवस पर जिले में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है वहीं अशोकनगर सहरिया समुदाय द्वारा सामुहिक नृत्य शेरा प्रस्तुति दी गई उधर आगरमालवा जिले का मुख्य कार्यक्रम नलखेड़ा स्थित कृतिष उपज मंडी परिसर में आयोजित किया गया आदिवासी बाहुल्य उमरिया अलीराजपुर शहडोलसतना मंडला डिंडौरी अनूपपुर में भी आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है

सड़क निर्माण के क्षेत्र में यह विशेष पहल है श्री पटेल ने बताया कि प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल का सदुपयोग पर्यावरण प्रद्षण को नियंत्रण करने में सहायक है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस मटेरियल के उपयोग से सड़को का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन में सहयोगी है

आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रतिवर्ष देश में हजारों लोगों की मृत्यु अंग फेल्योर होने के कारण होती है विश्व अंगदान दिवस मनाने का उद्देश्य आम लोगों में अंगदान के प्रति जागरूक बनाना है

लगातार बारिश से भोपाल के बड़े तलाब का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है वहीं बारिश से रायसेन का सड़क संपर्क भोपाल और सागर से दूट गया है जबलपुर से आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि लगातार बारिश बरगी बांध लबालब भर गया है

उधर उज्जैन में गंभीर बांध के तीन गेटों को खोला गया है लगातार बारिश से शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया है वहीं बुरहानपुर में ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है धार में भी लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है

सीहोर में रात भर हुई बारिश से शहर के बीचो बीच सीवन नदी लबालब भर गई है शहडोल जिले में स्थित बांणसगार बांध का भी जलस्तर बढ़ने लगा है खंडवा जिले में भी नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है उमरिया अनूपपुर और नरसिंहपुर जिले में भी रूकरूक कर बारिश का दौर लगातार जारी है जरा याद करो कुर्बानी प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अविस्मर्णीय वीर गाथाओं पर आधारित खास श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी में आज सुनिये जननायक टंट्याभील की शौर्य गाथा

यह मछली मलेरिया के रोकथाम में सहायक होती है